न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि एक सौ अट्ठावन साल पुराने औपनिवेशिक कानून के कुछ अंश दंडात्मक प्रावधान के तहत नहीं आते प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ सतहत्तर के उन अंशों को तर्कहीन बताया जिनके तहत सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंधों को अनुचित ठहराया गया है संविधान पीठ में न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं पीठ ने धारा तीन सौ सतहत्तर को यह कहते हुए हटा दिया कि इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में नौकरियों के मामले में मोबिलिटी नया अवसर होगा आज नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव के बारे में जानकारी देते हुए श्री कांत ने कहा कि मोबिलिटी का अर्थ यातायात के विभिन्न साधनों के बीच सूचारू समन्वय स्थापित करना है श्री कांत ने तेल आयात घटाने वाहनों से होने वाले प्रद्षण को कम करने और सावर्जनिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर विशेष बल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ से प्रभावित बस्ती गोण्डा और सीतापुर जिलों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की बस्ती के द्बौलिया ब्लाक के कटारिया चाँदपुर तटबंध का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से बजट में व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान तेज बारिश के कारण तैंतीस लोगों के मरने की खबर है वहीं हजारों गांव बाढ़ के पानी से धिरे हुए हैं राज्य की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है

नदियों में बाढ़ और लगातार हो रही बारिश जानलेवा बन गई है

वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव से आवागमन बाधित हुआ है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ भारतीय संस्कृति विरासत और आदर्शो से सबको परिचित कराने का महत्वपूर्ण अवसर है उन्होंने कुंभ को मानवता की अपार जनसमूह के समागम का पर्व बताते हुए कहा कि इसमें देश और दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों की भागीदारी होती है यह बात मुख्यमंत्री ने कल मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन ऑडिटोरियम में आयोजित संस्कृतिक कुंभ कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही इस अवसर पर उन्होंने कुंभ मेला एक परिचय प्रयागराज कुंभ दो हजार उन्नीस पुस्तिका का विमोचन भी किया उन्होंने कहा कि कूंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के दौरान अतिथियों श्रद्वालुओं और तीर्थयात्रियों को चित्रकूट और काशी का भ्रमण कराने की भी योजना है प्रदेश सरकार अगले डेढ़ महीनों में पैंतीस लाख घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया करायेगी

साथ ही समय पर बिजली के बिल का भूगतान करने वाले उपभोक्ता को पांच फीसदी की छूट भी दी जा रही है